उन्होंने कहा कि वैक्सीन विभाग के बारे मे पूरी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से दी जायेगी भरपूर पोषण तथा शारीरिक क्रिया पर ज़ोर देते हये उन्होंने कहा कि ब्री पोषक आदते लोगों विशेषकर य्वाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे है

स्वस्थ होने की दर सक्रिय मामले से पांच ग्णा अधिक है

महात्मा गांधी ने पश्चिमी बंगाल के सोदेप्र में प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार सांझा करते हथे कहा था कि मानवता की सेवा की सर्व शक्तिमान परमात्मा की सेवा है महात्मा गांधी ने कहा था कि सेवा के क्षेत्र सत्ता के क्षेत्र से बह्त विशाल है और इस विशाल सेवा के क्षेत्र में कोई भी इंसान मानवता की सेवा निभा सकता है केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि कृषि सम्बधी तीनों कानून शत प्रतिशत किसानों के हित में है इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी श्री कटारिया आज यमुनानगर के पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को विधेयकों को लेकर ग्मराह कर रहे है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी खत्म नहीं होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अन्नदाता किसानों की भलाई को लेकर बहत क्छ किया है श्री कटरिया ने कहा कि देश की तीन नदियों को जोड़ा जायेगा और जल्द ही सरस्वती नदी में जलधारा बहेगी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हरि मोहन ने बताया कि इनमें पानी साबून आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई उपमंडलों दवारा रेलवे स्टेशनों और पटरियों के पास के क्षेत्रों में लोगों को ख्ले में शौच करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया

पंजाब व हरियाणा के विभिन्न स्थानों से उन्हे श्रद्वांजलि अर्पित किये जाने और उनकी याद में कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने के समाचार मिले है भिवानी में शहीद भगत सिंह के पडपौत्र यादविंदर संध् ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भगत सिंह के जीवन प्रसंग को लेकर कई दस्तावेज इकट्डा किये गये है ताकि उनके आदर्श देश मे जिंदा रहे उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जबतक भगत सिंह की जीवनी शामिल नहीं की जाती तक तक आने वाली पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान का अन्भव नहीं होगा उन्होंने कहा कि देश के हर य्वा मे आज भी भगत सिंह जिंदा है उसे खोजने की जरूरत है

ट्रस्ट के पदाधिकारी अशीष बेनिवाल व मोन् पंचाल ने भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की फतेहाबाद में आज जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा गांव पीली मंदोरी के य्वा मंडल के सहयोग से एक नशाम्क्ति जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई सिरसा में भी शहीद की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर पैदल मार्च निकाला गया जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा अजय चौटाला ने भी सिरसा में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया इस मौके पर उन्होने भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने का ऐनान करते हये कहा कि उनका रूख अकाली दल से भिन्न है फरीदाबाद में भी पंजाबी समाज सभा द्वारा एक सामाजिक कार्यकम आयोजित कर समाज सेवा में लगे लोगों को भगत सिह की तस्वीर देकर सम्मानित किया हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद श्रू हो गई है

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल क्मार ने बताया कि प्रथम दिन जिला अम्बाला में प्रदेश में सबसे अधिक धान की खरीद हुई

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यार्थियों के लिए समयिवधि पांच वर्ष की पात्रता से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी गई है इस सम्बध में म्ख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि इस फैसले का फायदा सभी अभियार्थियों को मिलेगा चाहे उन्होंने कभी भी परीक्षा पास हो